बागवानी विमाग में खाली पदों को शीघ भरने के साथ ही नए पद किए जाएंगे सूजित

एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता कबड्डी टीम की सदस्य कविता ठाकुर का मनाली पहुंचने पर स्वागत

लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के इस पर आपत्ति जताने और सदन में ये मामला उठाने के इजाजत न देने पर उखड़े विपक्षी सदस्यों ने बेल में आकर नारेबाजी की जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा

सदन के दोबारा शुरू होने पर विपक्ष द्वारा लाठीचार्ज मामले पर न्यायिक जांच की मांग की इस मुद्दे पर जब भाजपा सदस्य राकेश पठानिया ने बात रखनी चाही तो कांग्रेस विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और एक बार फिर सदन से बाहर चले गए हालांकि इस दौरान प्रश्नकाल चलता रहा बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सतापक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त करते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की मेजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए

उन्होंने कहा कि घटना के समय जिलाधीश शिमला और पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद थे

जयराम ठाक्र ने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर लगाए गए बेरीकेटस को पार करते हुए डंडों और पत्थर से पुलिस पर प्रहार किया जिसके बाद पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया गया मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने कभी भी चर्चा से भागने की आवश्यकता नहीं समझी उन्होंने एक समाचार पत्र में घटना की झूठी तस्वीर वायरल होने पर भी खेद जताया

उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग के पास कई महत्पूर्ण योजनाए है और इन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अधिक स्टाफ वाले ब्लॉकों से कर्मचारियों को शिफट कर दिए जाएगा

यह जानकारी उन्होंने सीपीएम के राकेश सिंघा के एक सवाल के जवाब में दी

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि बद्दी के हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के अवैध कब्जों के मामले की जांच की जाएगी

इससे पहले विधायक परमजीत पम्मी ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में बद्दी हाऊसिंग बोर्ड में अवैध कब्जों का मामला उठाया शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हिमुडा ने कुछ अवैध कब्जाधारियों के पानी के कुनेक्शन काट दिए हैं

उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन को बढावा देने के लिए कितनी गंभीर है इस बात का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और सदन मंत्रियों की गैर मौजूदगी इस की गंभीरता को बता रही है पठानिया ने कहा कूछ क्षेत्रों को छोड कर शेष सभी क्षेत्र पर्यटन से अछूते है उन्होंने कहा कि एडीबी ने प्रदेश में पर्यटन को बढावा देने के लिए करोडों रूपए दिए लेकिन उन पैसों का सही से सद्रपयोग नहीं हो पाया है उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि पर्यटन को बढावा देने के लिए क्या किया है विधायक होशियार सिंह ने प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर बल दिया वहीं विधायक नरेंद्र बरागटा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार पर्यटन को बागवानी के साथ जोड़े

वहीं विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि चूडघार मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है कांग्रेस के विकमादित्य सिंह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि पर्यटन को विकसित करने के लिए पार्टी लाइन से उपर उठ कर काम करने की जरूरत है अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक अनुराग ठाकुर ने आपदा से निपटने में सेना और एनडीआरएफ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल को भोगौलिक जटिलता और मौसम के बदलाव के समय विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है इसे देखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की बटालियन को मंजूरी दी है उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के समय जान माल की रक्षा करने में मदद मिलेगी अस्थि विसर्जन सांसद शांता कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को आज चम्बा में रावी नदी में विसर्जित किया इस दौरान रावी नदी के तट पर आयोजित शोक सभा में शांता कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता थे उन्होंने कहा साथ मिलकर काम करना ही अटल जी को सच्ची श्रद्वांजलि होगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि श्री वाजपेयी का हिमाचल के प्रति विशेष प्रेम रहा है इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे कबड्डी एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने के बाद भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य कविता ठाकुर आज अपने घर मनाली पहुंची जहां सांसद रामस्वरूप शर्मा ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया उन्होंने कुल्लू प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए कविता को बघाई दी उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां कबड्डी में दिन प्रतिदिन नई उपलब्धियां हासिल कर रही है उन्होंने कहा कि वे कविता ठाकुर को सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार से बात करेंगे वहीं कविता ठाकुर ने कहा कि हालांकि उनकी टीम को रजत पदक मिला है लेकिन स्वर्ण पदक न जीत पाने का मलाल है और उनका प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में उनकी टीम स्वर्ण पदक हासिल करें

बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए चयनित अम्यर्थियों की तिथिवार सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है

भूतपूर्व कर्मचारियों की एक गैर सरकारी संस्था के अध्यक्ष मोहन शर्मा ने बताया कि सड़क के पूरी अवरूद्ध होने से क्षेत्र के लोगों की सब्जियों की फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है वहीं मरीजों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने लोक निर्माण विभाग से शीघ्र इस सड़क को बहाल करने का आग्रह किया है लापता किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में बंगलुरू के एक ट्रैकर सत्या नारायण जुलाई माह से लापता है हमारे किन्नौर प्रतिनिधि के अनुसार गुमशुदगी को लेकर ट्रैकर के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है परिजनों के अनुसार अंतिम सूचना ट्रैकर के रिकांगपिओ से वांगतू जाने की है पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि खोजी दल गठित कर स्थानीय ट्रैकरों के साथ संभावित रूट पर भेजा जा रहा है

समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कुल्लू में आज पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रभावितों को उनके मकानों और जमीनों से जबर्दस्ती निकाला जा रहा है इसके चलते प्रभावित परिवारों में भारी रोष है उन्होंने उचित मुआवजे के साथ ही प्रभावित परिवारों को बसाने की तुरंत व्यवस्था करने का आग्रह किया है

उन्होंने लोगों से डेंगू के प्रति जागरूकता बरतने का आग्रह किया है